विधानसभा में कृषि से जुड़े तीन विधेयकों सहित पांच बिल ध्वनिमत से पारित सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित

चिकित्सा मंत्री ने कहा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील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

कोविड प्रोटोकोल के कारण एक एक वार्ड की मतगणना की जा रही है इसे देखते हुए दोपहर बाद तक सभी वार्डो के नतीजे आने की संभावना है जयपूर हैरिटेज नगर निगम की मतगणना कॉमर्स कॉलेज तथा जयपूर ग्रेटर की मतगणना राजस्थान कॉलेज में हो रही है उधर जोधपूर उत्तर की मतगणना पॉलीटेक्निक कॉलेज में तथा जोधपुर दक्षिण के वार्डो की मतगणना महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में हो रही वहीं कोटा उत्तर के वार्डो की मतगणना कॉमर्स कॉलेज तथा कोटा दक्षिण की जेडीवी कॉलेज में चल रही है

इस बीच कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने बोर्ड बनाने के लिये रणनीति बनाना शुरू कर दिया है भाजपा ने जयपुर के सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने के लिए रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन बिलों के पारित होने पर एक ट्वीट कर कहा कि इनसे किसानों को फायदा होगा सदन में बहस में बोलते हए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसान को मजबूत बनाने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कानून बनाए इससे किसान स्वाभिमान के साथ जी सकेगा इस बीच सदन में सिविल प्रकिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया विधेयक पर चर्चा के बाद संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि किसान की पांच एकड़ तक जमीन की कुर्क या नीलामी नहीं हो सकेगी उन्होंने बताया कि अगर किसी किसान की बीस एकड़ जमीन है और वह ऋण लेता है तो पांच एकड़ जमीन को छोड़कर शेष जमीन नीलाम की जा सकेगी

विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि विधेयक में धारा चार के तहत प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक और निजी वाहन सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यक्रम और आम समारोह में जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा महामारी अधिनियम में सामाजिक दूरी का प्रावधान पहले ही जोड़ा जा चुका है इस बीच राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख से अधिक हो गई है

उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया है इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने सदन की तरफ से अपील की है कि संघर्ष समिति के पदाधिकारी सरकार के पास आएं और वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें उधर द्रसरी ओर एमबीसी कोटे की बैकलॉग भर्तियों सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में पटरियों के पास गुर्जरों का आंदोलन जारी है इसके चलते रेल और बस यातायात प्रभावित हो रहा है

वहीं भरतपुर करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिले की कई तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं

राज्य में कुछ जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गयी है